मुख्यमंत्री ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सरना आदिवासी धर्म कोड एकसमान पेंशन योजना मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने और विस्थापितों की समस्याएं दूर करने की रखी मांग उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ ने प्रशासनिक कार्यों में में मात भाषा के इस्तेमाल पर दिया जोर कहा इससे लोगों को जोडने में मिलती हैं मदद ईस्ट जोन जूनियर नेशनल नेट बॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने बालक और बालिका दोनों वर्गों में बिहार को हराया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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए

उन्होंने कहा भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता

श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपुर्ण उपाय है इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरते पूरी करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिये मकान बनाये जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से करोडों ग्रामीण परिवारों को पाईप के जरिये जलापूर्ति की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षो में कृषि और पशुपालन से लेकर मछली उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया इसके अलावा सरकार निर्यात के लिए विभिन्न जिलों से संबद्ध हजारों उत्पादों की सूची बना रही है ताकि उनका मूल्य संवर्धन किया जा सके प्रधानमंत्री ने बर्बादी रोकने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने मुनाफा बढाने के लिए संसाधित खाद्य वस्तओं के निर्यात की आवश्यकता पर बल दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में शामिल हए बैठक के दौरान उन्होंने सरना आदिवासी धर्म कोड युनिवर्सल पेंशन योजना मनरेगा में मजदूरी दर बढाने और मजदूरों और विस्थापितों की समस्याएं दूर करने की मांग रखी इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा झारखण्ड के खातों से पैसे काटने राज्य में भारत सरकार के उपक्रम से जुडी समस्याओं केंद्र सरकार द्वारा आवंटन घटाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ाने जैसे विषयों पर अपनी बात रखी बैठक में उन्होंने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम के प्रस्ताव पर मंजूरी देने की भी मांग की मुख्यमंत्री ने कहा कि वुद्धों के लिए एक समान पेंशन योजना लाग की जानी चाहिए

हालांकि राज्य सरकार ने अपने कोष से पेंशन की राशि को बढ़ाया है लेकिन मुख्यमंत्री ने पेंशन को एक समान करने पर केंद्र सरकार द्वारा विचार करने की मांग की

यह देश के अन्य राज्यों से कम है इसलिए मजदूरी की दर में वृद्धि की जानी चाहिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे वे असम के धेमाजी जिले में सिलापत्थर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री मोदी इंजीनियरी कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि केन्द्रीय बजट पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से भी आगे का बजट है आज चेन्नई में एक समारोह में उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें वैश्विक मुद्दा हैं और पेट्रोलियम पदार्थो का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक को पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने चाहिए

उपभोक्ता खाद्य और जन वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है इससे मानक स्थापित करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत विश्व नेता बन जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के कार्यो की समीक्षा करते हए श्री गोयल ने आज कहा कि लोगों को गृणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वस्तु और सेवा कर जीएसटी से क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके है

दुमका जिला प्रशासन ने अल्पसंख्यक छात्रवृति का लाभ गलत तरीके से हासिल करने वाले आवेदकों की बडी संख्या में पहचान की है

इस अवसर पर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि होंगे

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने कहा है कि प्रशासनिक कार्यो में मात भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को जोड़ने में मद्द मिलती है आज समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख में श्री नायड् ने जीवन में मातुभाषा के महत्व को उजागर किया है उन्होंने कहा है कि एकजुटता मानसिक और व्यक्तित्व के विकास शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में मात्रभाषा का बहुत महत्व है श्री नायड् ने कहा कि एक उचित समय पर दूसरी भाषाए सीखने से आसपास की दनिया का ज्ञान होता है

देश में अब तक एक करोड सात लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है

धनबाद जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान को देखते हुए जिले के डाकघर कल रविवार को भी खुले रहेंगे

कोरोना के टीकाकरण के लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है

इस क्रम में वो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एसएनएमएमसीएच और सदर अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और यहाँ की समस्याओं की भी जानकारी लेंगे

असम के चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर अनूप कुमार बर्मन चर्चा में भाग लेंगे

देवघर जिले में आज जल जीवन मिशन के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया इस अवसर पर जिले के उपयक्त मंजनाथ भजंत्री ने लोगों को पानी बचाने और उसके विवेकपर्ण उपयोग की शपथ दिलाई

गोड्डा जिले में आयोजित ईस्ट जोन जुनियर नेशनल नेट बॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने बिहार को हरा दिया है